लोकसभा चूनाव के पांचवे चरण के लिये अधिसूचना जारी

लोकसभा चुनाव के पहले चरण में प्रदेश के चार लोकसभा क्षेत्रों औरंगाबाद जमुई गया और नवादा के लिए कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोट डाले जायेंगे लगभग सत्तर लाख अड़तीस हजार मतदाता साढ़े सात हजार मतदान केन्द्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे इन संसदीय क्षेत्रों में तीन महिला उम्मीदवारों समेत कुल चौवालीस प्रत्याशी मैदान में हैं औरंगाबाद और जमुई से नौ नौ तथा गया और नवादा से तेरह तेरह उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है कल ही नवादा विधानसभा उपचुनाव के लिये भी मतदान होगा यहां आठ उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं इस चरण के तहत हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी तथा लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है इसके अलावा औरंगाबाद से तीन बार सांसद रहे भाजपा के सुशील कुमार सिंह पूर्व सांसद भूदेव चौधरी पूर्व विधान पार्षद् उपेंद्र प्रसाद पूर्व विधायक विजय कुमार मांझी और ओबरा के पूर्व विधायक सोम प्रकाश जैसे दिग्गज भाग्य आजमा रहे हैं इन चार संसदीय सीटों पर वर्ष दो हजार चौदह के लोकसभा चुनाव में भाजपा को तीन और लोजपा को एक सीट पर जीत मिली थी प्रथम चरण के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी जैसे स्टार प्रचारकों ने गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में चूनाव प्रचार किया निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिये सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किये हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि पैंतालीस हजार कर्मियों को चुनावी ड्यूटी में लगाया गया है उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से नक्सल प्रभावित इलाकों और प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की गयी है वहीं जिला पुलिस होमगार्ड सैप और बीएमपी के जवानों को भी सुरक्षा में लगाया गया है पूरे मतदान प्रक्रिया की दो हेलीकाप्टरों के माध्यम से निगरानी की जायेगी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गयी है श्री सिंह ने बताया कि तीन सौ पचास मतदान कोन्द्रों से लाईव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गयी है मतदान समाप्ति के बाद जीपीएस लगे वाहनों से ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जायेगा पहली बार सभी ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन का भी उपयोग किया जा रहा है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिये मतदान केन्द्रों पर रैंप और व्हील चेयर उपलब्ध रहेगा वहीं पोलिंग बूथों पर पेयजल शेड और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मतदानकर्मी चुनाव सामग्रियों के साथ मतदान केन्द्रों पर पहुंचने लगे हैं चुनाव आयोग ने पहले चरण में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान की अवधि घटा दी है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुटुम्बा रफीगंज गुरूआ इमामगंज और टिकारी विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा वहीं नवादा के गोविंदपुर और रजौली गया के शेरघाटी बाराचट्टी और बोधगया तथा जमुई संसदीय क्षेत्र के सिंकदरा जमुई झाझा चकाई और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में भी शाम चार बजे तक ही वोट डाले जायेंगे शेष क्षेत्रों में मतदान की अवधि सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक रहेगी पहले चरण के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने पटना में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है मतदान प्रक्रिया शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक यह नियंत्रण कक्ष काम करेगा

इसके अलावा ई मेल आईडी सीईओ बिहार एट जीमेल डॉट कॉम पर भी शिकायतें भेजी जा सकती हैं चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य ग्यारह फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर लोग मतदान कर सकेंगे आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस फोटोयुक्त बैंक पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज सरकारी पहचान पत्र और सर्विस पहचान पत्र के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है आयोग ने स्पष्ट किया है कि फोटोयुक्त वोटर पर्ची पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा पहले चरण के चूनाव के दिन कल संबंधित संसदीय क्षेत्रों में सभी सरकारी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों में सवैतनिक अवकाश रहेगा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है दूसरे तीसरे और चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के लिये प्रचार में तेजी आ गयी है भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज अररिया में पार्टी उम्मीदवार प्रदीप सिंह पूर्णिया में जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा और बांका में जदयू के गिरिधारी यादव के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान किसानों गरीबों और महिलाओं के लिये केन्द्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं उन्होंने कहा कि उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी गयी इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने कटिहार में पार्टी उम्मीदवार तारिक अनवर के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो देश के बीस प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को बहत्तर हजार रूपये सालाना दिये जायेंगे वहीं जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार के मनिहारी और समेली में एनडीए उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने कामों का मेहनताना मांगने के लिये लोगों के बीच हैं सभा को भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने भी संबोधित किया जदयू अध्यक्ष ने किशनगंज में पार्टी प्रत्याशी महमूद अशरफ के पक्ष में चुनाव प्रचार किया बेग्सराय में भाजपा के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने पार्टी उम्मीदवार गिरिराज सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मधुबनी और खगड़िया में महागठबंधन उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केन्द्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा द्रसरी तरफ वैशाली जिले के सुभई में रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने महागठबंधन उम्मीदवार शिवचंद्र राम के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली में प्रदेश की सभी चालीस लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल भागलपूर में एनडीए की चूनावी सभा को संबोधित करेंगे श्री मोदी जदयू प्रत्याशी अजय मंडल के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिये आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू हो गया है इस चरण के तहत सीतामढ़ी मध्रबनी मुजफ्फरपुर सारण और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्रों में छह मई को मतदान होना है नामांकन की अंतिम तिथि अठारह अप्रैल निर्धारित है बीस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी वहीं प्रत्याशी बाईस अप्रैल तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं पांचवें चरण के तहत आज मुजफ्फरपुर से एनडीए से भाजपा उम्मीदवार अजय निषाद और पांच अन्य स्वतंत्र प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किये हाजीपुर से महागठबंधन की ओर से राजद के शिवचंद्र राम ने अपना पर्चा दाखिल किया है सीतामढ़ी और सारण से एक एक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा मधुबनी से आज कोई भी नामांकन नहीं हुआ चौथे चरण के तहत पांच संसदीय क्षेत्रों में छियासठ उम्मीदवारों के नामांकन पर्चे सही पाये गये हैं उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी है मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि इस मामले में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है खंडपीठ ने लालू प्रसाद के चौबीस महीने से जेल में रहने के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें चौदह साल की सजा हुई है जिसकी तुलना में चौबीस महीने कुछ भी नहीं हैं

लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण के लिये अधिसूचना जारी